चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे

रमेश झा और अन्य ने प्राचार्यों की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने अपने आदेश मे कहा है कि अगले तीन माह के भीतर फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाये नई नियुक्ति प्रक्रिया में प्रभावित प्राचार्यों को भी आवेदक बनने की अनुमति दे दी गयी है प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है अधिकारियों के एक दल ने आज जिले के मिठनपुरा थाना अंतर्गत साहु रोड स्थित ब्रजेश की संपत्ति जब्त कर ली सूत्रों ने बताया कि ठाकुर की अन्य अचल संपत्ति को भी जब्त किया जायेगा प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्वी चंपारण मोतिहारी में पीएचईडी विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता रामाधार राम की संपत्ति जब्त कर ली है निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के महुआवा और चिरैया बाजार में अवस्थित पूर्व कार्यपालक अभियंता की संपत्ति को जब्त किया है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार तेरह में आर्थिक अपराध ईकाई ने भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के तहत एफआईआर की थी उसके आधार पर ईडी ने रामाधार राम के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज कर अवैध संपत्ति की जांच की थी

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी उच्च न्यायालय ने एक मामले में व्यवस्था दी थी कि आपराधिक दंड संहिता की धारा एक सौ दो के तहत पुलिस को किसी भी आरोपी की अचल सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है

पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने आज दिल्ली में इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि अगली पीढ़ी अपना काम संभाले अठाईस नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेंगे इसके साथ ही प्रदेश लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को दलित सेना के अध्यक्ष बनाया गया है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान वर्षा नहीं होने के कारण गंगा समेत अधिकांश नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है लेकिन तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है केन्द्रीय जल आयोग की सूचना के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर पटना के दीघा घाट गांधी घाट हाथीदह मुंगेर और कहलगांव में खतरे के निशान के ऊपर लेकिन स्थिर बना हुआ है पटना में गांधी घाट और हाथीदह में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है वहीं भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है फरक्का बराज के कई फाटक खोल दिये गये हैं जिसके बाद बाढ़ की स्थिति में अगले चौबीस घंटों के दौरान सुधार होने की संभावना है इधर सोन पुनपुन गंडक बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों का जलस्तर भी विभिन्न स्थानों पर स्थिर बना हुआ है हालांकि सोन नदी रोहतास जिले के इन्द्रपुरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी का जलस्तर सिवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में घटा है जबकि सारण जिले के छपरा में बढ़ा है गंडक नदी का जलस्तर वैशाली जिले के हाजीपुर में घटा है ब्रूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर ऊपर दर्ज किया गया इसके कारण खगड़िया शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है कटिहार जिले के पांच प्रखंड के ग्यारह और पंचायतों में गंगा नदी का पानी प्रवेश कर गया है इससे बाढ़ प्रभावित पंचायतों की संख्या बढ़कर पैंतीस हो गयी जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित किये हैं प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में चक्रवाती प्रभाव के कम होने से पिछले चौबीस घंटों के दौरान आसमान साफ रहा और कुछ स्थानों पर ही आंशिक वर्षा हुई है गया में पन्द्रह दशमलव दो मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के अधिकतर भागों में अगले चौबीस घंटों के दौरान आकाश में बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान वरिष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया जायेगा सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री बच्चन को चुना गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों को प्रभावित करने वाली एईएस बीमारी के प्रति लोगों में व्यापक जनजागरण अभियान चलाने पर जोर दिया है मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल एसकेएमसीएच में एक सौ पांच करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने ये बात कहीं श्री कुमार ने कहा कि पीड़ित बच्चों को समय रहते उचित इलाज सुनिश्चित होने से उनकी जान बच सकती है मुख्यमंत्री ने अभिभावकों को इस बात को ध्यान रखने को कहा कि उनके बच्चे भूखे पेट नहीं सोये श्री कुमार ने कहा कि अस्पताल के शिशु गहन चिकित्सा इकाई में बेड की संख्या बढ़कर एक सौ होने से एईएस पीड़ित बच्चों के इलाज में सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने सौ बेड वाले मात्र शिशु अस्पताल भवन छात्रावास और ट्यूटर आवास भवन का उद्घाटन भी किया समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे आगामी उपचुनाव की रणनीति बनाने के साथ ही प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की आज हुई बैठक में पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ गयी पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित बैठक में सताईस विधायकों में से सिर्फ पन्द्रह विधायक ही शामिल हुए उपचुनाव में महागठबंधन के साथ रहने या नहीं रहने पर भी पार्टी का मतभेद उभर आया है कांग्रेस विधायक अजित शर्मा समेत कई नेताओं ने कहा है कि संगठन की मजबूती के लिए उपचुनाव में पार्टी को सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए

जिलाधिकारी रमण कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम दो अक्टूबर तक आयोजित होंगे इस दौरान जनसेवाओं को समाज के कमजोर तबको तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर लगाये जायेंगे इसके अलावा स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश देने के लिए अभियान चलाया जायेगा पटना के रामकृष्णनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू ब्रह्मपुरा कॉलोनी स्थित एक घर में सिलेंडर विस्फोट की घटना में घायल तीन लोगों की पीएमसीएच में इलाज के दौरान आज मौत हो गयी

भागलपुर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पच्चीस अपराधियों को गिरफ्तार किया

चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे